दरभंगा में पांच करोड़ से अधिक मूल्य के आभूषण लूटकांड का खुलासा

और गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय उद्योग और वाणिज्य मण्डल परिसंघ फिक्की की तिरानवेवीं वार्षिक आम बैठक में कहा कि नये कृषि सुधार किसानों के हित में है और उनका लाभ उन्हें मिल रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि नये बाजार मिलने से किसानों की आय भी बढ़ रही है बाईट एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों चाहे वो एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर हो फूड प्रोसेसिंग हो स्टोरेज हो कोल्ड चेन हो इनके बीच पहले हमने ही ऐसी दीवारे देखी हैं

नए विकल्प मिलेंगे उन्हें टेक्नोलोजी का ज्यादा लाभ मिलेगा देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा इन सबसे कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ग्रामीण भारत में जबर्दस्त बदलाव हो रहे हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या ग्रामीण इलाकों में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले कहीं अधिक हो गई है उन्होंने कहा कि देश के आधे से अधिक स्टार्टअप्स दूसरी और तीसरे श्रेणी के शहरों में हैं श्री मोदी ने कहा कि सरकार किसानों की आमदनी बढाने और उन्हें अधिक खुशहाल बनाने के लिए कई कदम उठा रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि आज किसान अपनी उपज को मंडियों के साथ साथ उसके बाहर भी दे सकते हैं और डिजिटल मंच के जरिए भी कृषि पदार्थों की बिक्री की जा सकती है

आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है आज भारत में मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है किसानों को डिजीटल प्लेटफार्म पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प मिला है इन सारे प्रयासों का विकल्प यही है कि किसानों की आय बढ़े देश का किसान समृद्ध हो जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्द होगा श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक महामारी के दौर में देश ने अपने ज्यादातर नागरिकों की रक्षा करने में बडी कामयाबी हासिल की है उन्होंने कहा कि भारत ने इस दौरान देश भर में लोगों की जीवन रक्षा के कार्य को प्राथमिकता दी और महामारी से निपटने के लिए कई अभूतपूर्व कदम उठाये बाईट अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को बचा ले जाता है उस देश की बाकी सारी व्यवस्थाएं उतनी ही तेजी के साथ रिबाउंड करने की ताकत रखती है इस महामारी के समय भारत ने अपने नागरिकों के जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचाया और आज इसका नतीजा देश भी देख रहा है दुनिया भी देख रही है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के समग्र विकास और देश में क्रषि क्षेत्र के प्रोत्साहन के लिए हर संभव कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा लाए गए सुधारों से देश में किसानों को लाभ मिलना शुरू हो गया है श्री तोमर ने कहा कि आईटी क्षेत्र के इस्तेमाल से सरकार किसानों के लिए उपयोगी जानकारी के प्रसार हेतु संचार के आधुनिक साधनों का उपयोग कर रही है केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि देश में किसानों के डेटा बैंक बना कर इसका उपयोग किसानों को मृदा स्वास्थ्य के बारे में सूचित करने बाढ़ के पूर्वानुमान और कृषि क्षेत्रों के भूमि रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए किया जाएगा इधर केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में संवाददाताओं से कहा कि किसानों को गुमराह करने के लिए कृषि सुधारों के खिलाफ आंदोलन हो रहा है उन्होंने कहा कि अब इस आंदोलन को भटकाने का काम भी देश विरोधी तत्व कर रहे हैं श्री सिंह ने कहा कि आंदोलन स्थल पर खालिस्तान समर्थक पोस्टर लगाये जा रहे हैं दरभंगा में पांच करोड़ के सोना लूट मामले में पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है जानकारी के अनुसार पकड़े गये अपराधियों में वह लाइनर भी शामिल है जिसकी मदद से इस कांड को अंजाम दिया गया था वरीय पूलिस अधीक्षक बाबू राम ने आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा कि एक सर्राफा व्यापारी ने अपराधियों को आभूषण द्कान में सेंध लगाने में मदद की थी उसने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस पूछताछ में आरोपी द्वारा बताये गये मधुबनी और हाजीपुर के कई ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है पश्चिम चंपारण प्रलिस ने नरकटियागंज की भाजपा विधायक रश्मि वर्मा से रंगदारी मांगने के मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस अधीक्षक उपेन्द्र नाथ वर्मा ने बताया कि जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चुरीहरवा टोला से आमिर खुसरो नाम के व्यक्ति को देसी पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है उसके पास से सेलफोन और रंगदारी मांगने में प्रयुक्त सिम भी बरामद कर लिया गया है रेलवे अपने इक्कीस रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से पंद्रह दिसम्बर से एक लाख चालीस हजार से अधिक पदों को भरने के लिए व्यापक भर्ती अभियान शुरू कर रहा है रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस भर्ती अभियान में देशभर के दो करोड़ चौवालीस लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे मंत्रालय ने कहा है कि पहला अभियान पंद्रह दिसम्बर से अठारह दिसम्बर तक चलेगा इसके बाद गैर तकनीकी श्रेणियों की भर्ती का काम अट्ठाईस दिसम्बर से मार्च दो हजार इक्कीस तक चलेगा तीसरे चरण में प्रथम स्तर की भर्ती अप्रैल दो हजार इक्कीस से लेकर जून दो हजार इक्कीस तक होगी परीक्षा की सूचना व्यक्तिगत ई मेल और एस एम एस के माध्यम से दी जायेगी इसमें परीक्षा केन्द्र तिथि और पाली की जानकारी होगी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से चार दिन पहले जारी किए जायेंगे विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डो ने कोविड उन्नीस महामारी के मद्देनजर परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यापक तैयारी की है उम्मीदवारों के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी मास्क और सेनेटाइजर का प्रबंध किया गया है परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जायेंगी प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के पांच सौ छियानवे नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर दो लाख बयालीस हजार सात सौ अड़तालीस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक दो सौ चालीस नये मामले पटना जिले में सामने आये हैं गोपालगंज में बासठ मुजफ्फरपुर में उन्नीस जहानाबाद नवादा और सीतामढ़ी जिले में सत्रह सत्रह नये मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों में भी पॉजिटिव मामले मिले हैं इस समय राज्य में पांच हजार दो सौ इकतालीस सक्रिय मामले हैं इधर प्रदेश में कोरोना से अब तक दो लाख छत्तीस हजार एक सौ नवासी मरीज ठीक हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव तीन शून्य प्रतिशत है देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर चौरानवे दशमलव आठ नौ प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान तैंतीस हजार चार सौ चौरानवे रोगी ठीक हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक तिरानवे लाख चौबीस हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं देश में इलाज करा रहे रोगियों की संख्या तीन लाख उनसठ हजार आठ सौ उन्नीस है इस समय इलाज करा रहे रोगियों की संख्या संक्रमण की प्रष्टि वाले रोगियों के मुकाबले सिर्फ तीन दशमलव छह छह प्रतिशत है वहीं एक दिन में कोरोना संक्रमण से चार सौ बयालीस लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या एक लाख बयालीस हजार छह सौ अट्ठाईस हो गई है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रूपाली मलिक ने कोविड उन्नीस से लड़ने के लिए लोगों से सावधानी बरतने को कहा है उन्होंने मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने का आग्रह किया उन्होंने लोगों से पार्क में योग करते समय अलग थलग रहने का अनुरोध किया बाईट अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनना बहत ही जरूरी है और पार्क में जाकर अगर पार्क में जाके एक आइस्यूलेटिड कार्नर में बैठकर बाकी लोगों से डिस्टेंस मेनटेन करके आप मास्क हटाकर थोड़ा योगा करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं अगर आप एक ग्रुप में योगा करते हैं तो एक तो आप सोशल डिस्टेंस के रूल मेनटेन करें और मास्क को लगाकर ही अगर आप व्यायाम कर सकते हैं तो करें क्योंकि अगर आप ग्रुप में है इवन अगर पार्क में है तब भी संक्रमण होने के चांसिस बढ़ सकते हैं गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में आज स्पेशल कमिशन्ड अधिकारियों का पासिंग आउट परेड आयोजित किया गया परेड के बाद बाईस कैडेट अधिकारी के रूप में सशस्त्र सेना में शामिल हो गये हैं अकादमी के कमांडेंट लैफ्टिनेंट जनरल सुनील श्रीवास्तव ने परेड का निरीक्षण किया और शलामी ली इस अवसर पर सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कैंडेट की कम्पनी गुरेज को प्रतिष्ठित चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बैनर प्रदान किया गया राज्य सरकार ने पेंशनभोगियों के लिये जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की अंतिम समय सीमा अट्ठाईस फरवरी तक बढ़ा दी है इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर भागों में सर्दी बढ़ गयी है राज्य के पूर्वोत्तर भागों में कहीं कहीं हल्की वर्षा भी हई है इधर आसमान में बादल छाये रहने से कोहरे का असर कम हुआ है मौसम वैज्ञानिक सुधांशु कुमार ने बताया कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अंतर कम हो जाने से ठंड का एहसास हो रहा है

वहीं पटना का न्यूनतम तापमान दस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रहा डाकघर के बचत खातों में आज से कम से कम पांच सौ रूपये रखना अनिवार्य होगा ऐसा नहीं करने पर एक सौ अठारह रूपये आर्थिक दंड लगाया जायेगा पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया लोक अदालत में बैंक बिजली विभाग श्रम विभाग वाहन दुर्घटना दावे और बीएसएनएल के बिल से संबंधित विवादों का निपटारा किया गया बड़ी संख्या में कई प्रकार के दीवानी और फौजदारी मामलों का निष्पादन आपसी सुलह से किया गया शिवहर व्यवहार न्यायालय में ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत में पांच सौ सत्ताईस मामलों की सुनवाई की गई जिसमें से एक सौ उन्नीस मामलों का निष्पादन किया गया और बयालीस लाख रूपये समझौता की राशि तय की गई लखीसराय जिले में पुलिस ने बड़हिया थाना क्षेत्र के जैतपुर गांव से अस्सी लाख रूपये मूल्य से अधिक का गांजा जब्त किया है इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है भागलपुर जिले के सन्हौला थाना क्षेत्र के करहरिया गांव के पास सन्हौला धोरैया मुख्य मार्ग से प्रलिस ने एक पिकअप वैन से बयालीस कार्टन विदेशी शराब बरामद की है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली उप राष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू उन्हें शपथ दिलायी केंद्र सरकार ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि नये साल से यूपीआई के माध्यम से लेनदेन महंगा हो जायेगा और थर्ड पार्टी एप के माध्यम से भूगतान करने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा पत्र सूचना कार्यालय ने इस खबर को आधारहीन बताते हुये कहा है कि ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया है और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोहराया कृषि सुधार कानून किसानों के हित में है

दरभंगा में पांच करोड़ से अधिक मूल्य के आभूषण लूटकांड का खुलासा

और गया स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन